पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर तैयार किया जा रहा औषधीय पेय लोगो की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि देश में प्रवासी मजद्रों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गतव्य स्थल पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गंतव्य स्थलों पर पहुंचने के बाद उन्हें घर या अस्पताल में क्वारेंटीन किया जाना चाहिए इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में सोषल पुलिसिंग की व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया है आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संथाल परगना के सांसदों और विधायकों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा परगनैत और ग्राम प्रधानों को सोषल पुलिसिंग से जोड़ने के लिए जन प्रतिनिधियों से पहल करने को कहा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखा जाये श्री सोरेन ने कोरोना संकट को लेकर चलाये जा रहे राहत कार्यों की निगरानी के लिए जन प्रतिनिधियों की समिति बनाने को कहा मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाइ से पालन और प्रवासी मजदूरों को सहायता देने के लिए किये जा रहे प्रयासों से भी सांसदों और विधायको को अवगत कराया झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ छह हो गई है जामताड़ा जिले से आज एक कोरोना संकमित मरीज मिला है उपायुक्त ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिले से अबतक दो कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित ताउ इलाके में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रे इलाके को सील कर दिया गया है नगर पंचायत द्वारा इस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है वहीं कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यहां आसपास की सारी दुकाने बंद हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के महुआटांड स्थित पहराटोली के एक गरीब परिवार को भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश उपायक्त को दिया है मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि यहां रह रही एक महिला का पुत्र मुंबई में फंसा है तथा पुत्रवधू की हाल में मौत हो चुकी है उसका पांच माह का एक पोता है जिसके लिए वह जरुरी दूध तक की वह व्यवस्था नहीं कर पा रही है ऐसे में मुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए इस परिवार को भोजन समेत जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया सिमडेगा जिले में कोरोना के संदिग्धों की जांच का काम जारी है अबतक दो सौ पैंतीस लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं

चतरा जिला प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध महिला का सैंपल जांच के लिए रिम्स भेजा है महिला रांची से इलाज कराकर लौटी थी इस संबंध में रांची के उपायुक्त ने चतरा उपायुक्त को पत्र भेजकर कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आई चतरा की एक मरीज की सूचना दी थी इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन में संदिग्ध महिला के घर पहुंचकर उसका सेंपल लिया उधर शहर के सभी बाइस वार्डो के सभी गली मोहल्लों और चौक चौराहों को सैनिटाइज किया जा रहा है जामताड़ा जिले में आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है

धनबाद जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे जिले के मजदूरों की सूची तीस अप्रैल तक तैयार कर ली जाए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सक नर्स पारा मेडिकल स्टाफ से अभद्रता करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगो इस बैठक में सीमावर्ती जिलों की सीमा से प्रवेश पूरी तरह बंद रखने तथा आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों की जांच के बाद ही जिले में आने की अनुमति देने और क्वॉरेंटीन सेंटर में बुनियादी सुविधाओं के साथ काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी

अदालत ने आज मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कहा कि लोगों को उचित मूल्य पर आसानी से मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहल करे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

इस फंड का नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं पेयजल सफाई और डोर ट्र डोर अपशिष्ट प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाएगा इसके अलावा नगर निकाय के अधिकारियों को पूर्व में किए गए खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का भी निर्देश दिया गया है सिमडेगा में पुलिस ने लॉकडाउन में बुज़ुर्गो को इलाज और दवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष सेवा शुरु की है इसके लिए टेलीफोन नंबर एक शुन्य शुन्य जारी किया गया है इस टेलीफोन नंबर को डायल कर जिले के बुजुर्ग अपनी जरुरत की दवा घर पर ही मंगा सकते हैं

उपायुक्त ने बताया कि आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर सारंडा वन क्षेत्र में तैयार किए जा रहे इस पारंपरिक काढ़ा से लोगों को की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी और यह स्थानीय लोगों की आमदनी का जरिया भी बनेगा

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रकिया शुरू करने की अपील की है श्री निशंक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से ऐसा प्रयास करने को कहा कि तैंतीस करोड़ विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो और वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर स्पष्ट किया है कि उन्नतीस विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है

केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप्प को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने का निर्देष दिया है संक्षिप्त खबरें सरायकेला खरसांवा जिले के कांड़ा थाना क्षेत्र स्थित पिंडराबेडा में नाबालिग के साथ तेईस अप्रैल को सामूहिक द्ष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया है धनबाद जिले में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और लॉक डाउन के पालन को लेकर पुलिस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है द्मका जिले की उपायुक्त बी राजेष्वरी और पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेष ने आज अंतर जिला सीमाओं पर बने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया